जयपुर रेलवे स्टेशन पर एटीएस ने आश्रम एक्सप्रेस से करोडों की नकदी और भारी मात्रा में सोना चांदी किया बरामद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दीपावली के अवसर पर मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रत्येक ब्थ कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए श्री मोदी कल नरेन्द्र मोदी ऐप के जरिए प्रदेश के सीकर और कोटा के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे थे

उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इस तरह से संतुलन बनाया जाए कि वे अपने घरेलू कामकाज और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए राजनैतिक कर्तव्य का भी सफलतापूर्वक पालन कर सके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज झालावाड़ में प्रबुद्वजनों से मुलाकात कर संवाद कर रही है इनमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल है गौरतलब है कि श्रीमती राजे झालावाड़ के तीन दिन के दौरे पर है आज उनके दौरे का अंतिम दिन है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड़ आज भारतीय जनता पार्टी के ब्थ महासंपर्क अभियान के तहत आमेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर रहे है इससे पहले उन्होंने आमेर में शिलामाता मन्दिर में दर्शन किए और आज के कार्य की शुरूआत की गौरतलब है कि भाजपा की ओर से तीन दिवसीय ब्थ महासंपर्क अभियान की शुरूआत शुक्रवार को की गई थी आज अभियान का अंतिम दिन है प्रदेशभर में आगामी विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए कई तरह के नवाचार किए जा रहे है हनुमानगढ़ में आकर्षक लोकगीतों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया जा रहा है झालावाड़ में मातृ शक्ति के सम्मान और स्वास्थ्य के लिए आज चौथी ऑनर दू हैल्थ एचटूएच पिंकॉथोन का आयोजन किया गया

बीकानेर मे किन्नरों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया

अलवर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफकी महिला और पुलिस बटालियन सहित रामगढ़ और नौगांवा पुलिस ने एक साथ फ्लैग मार्च किया और आमजन को निर्भिक रूप से मतदान के लिए प्रेरित किया फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने पाटा गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी

भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट और तकनीशियन की भर्ती के लिए ऑन लाइन परीक्षा के पहले चरण में पांच लाख से अधिक उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं

एटीएस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि एटीएस को सूचना मिली थी कि आश्रम एक्सप्रेस में भारी मात्रा में नकदी और सोना चांदी लाया जा रहा है उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है इससे पहले कल जीआरपी पुलिस ने जयपुर रेलवे स्टेशन पर ही एक यात्री से चैकिंग के दौरान करोड़ों रूपये के सोने के आभूषण जब्त किए थे